आज से देश में दो सौ विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में सवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म लघू और मझौले उद्यमों की परिभाषा को और संशोधित करने की मंजूरी दी है इस फैसले से अनेक औद्योगिक इकाईयों को एमएसएमई के दायरे में लाया जा सकेगा पवास करोड़ रुपये तक के निवेश और ढाई सौ करोड़ रुपये तक के सकल कारोबार वाले उद्यम अब एमएसएमई क्षेत्र में उपलब्ध लाभ हासिल कर सकेगे ऐसे उद्यमों में निर्यात से कारोबार को सकल कारोबार से छट दी जाएगी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने चौदह खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी मंजूरी दी है अब किसानों को फसल की लागत का पचास से तिरासी प्रतिशत अधिक मुल्य मिलेगा सरकार ने धान का न्यनतम समर्थन मूल्य तिरपन रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर एक हजार आठ सौ अड़सठ रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है वहीं कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य दो सौ साठ रुपये बढ़ाया गया है इससे मौजूदा फसल वर्ष के लिए कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य पांच हजार पांच सौ पंद्रह रुपये प्रति क्विंटल होगा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए लघ् अवधि ऋण चुकाने की तिथि अगस्त तक बढ़ा दी है इस फैसले से उन किसानों को मदद मिलेगी जिन्हें अपना ऋण पहली मार्च से इकतीस अगस्त के बीच चुकाना था

इसके तहत देशभर में अधिकतर गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से फिर से प्रारंभ की जा रही हैं केन्द्र सरकार ने राज्यों के बीच वस्तुओं और व्यक्तियों की निर्बाघ आवागमन की भी अनुमति दे दी है कई राज्यों ने भी इस दौरान दिशा निर्देश जारी किए हैं इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों में जाने और आने के लिए तथा प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास जरूरी रहेगा राज्य के सार्वजनिक पार्क खेल मैदान स्टेडियम के अलावा रेस्टॉरेंट होटल और बार रूम सात जून तक बंद रहेंगे प्रदेश में चिन्हित कंटेन्मेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति होगी गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने शनिवार को पूर्णबंदी शिथिल करने के दिशा निर्देश जारी किए थे जिसमें लॉकडाउन को अत्यधिक कोरोना संक्रमण के क्षेत्रों तक ही सीमित किया गया है

ये विशेष श्रमिक और तीस विशेष वातानुकलित रेलगाड़ियों के अलावा हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत रायपुर रेलमंडल से तीन द्रेनें रायगढ़ गोंदिया रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस मुंबई हावड़ा मेल और हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस भी गूजरेंगी रेल मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि आज लगभग डेढ़ लाख यात्री इन गाड़ियों का उपयोग करेंगे एक से तीस जून की अवधि के लिए लगभग छब्बीस लाख यात्रियों ने आरक्षण करवाया है नई रेलगाड़ियां पूरी तरह से आरक्षित होंगी जिनमें वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित दोनों ही प्रकार के कोच होंगे कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए इन ट्रेनों में यात्रा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं रायपुर रेलमंडल ने भी रायपुर दुर्ग भिलाई पावर हाउस तिल्दा नेवरा भाटापारा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही के लिए विशेष व्यवस्था की है स्टेशनों में यात्रियों के प्रवेश और विकास की अलग अलग व्यवस्था के साथ ही आवश्यक बदलाव किए गए हैं इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को रायपुर स्टेशन में कम से कम डेढ़ घंटे पहले आना होगा प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म में प्रवेश नहीं दिया जाएगा केवल टिकटधारी यात्री ही प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर सकेंगे

अब तक छप्पन ट्रेनों के माध्यम से छिहत्तर हजार से अधिक श्रमिक छत्तीसगढ़ लौटे हैं वहीं ट्रेनों सहित अन्य माध्यमों से अब तक दो लाख चवालीस हजार से अधिक श्रमिकों की वापसी हो चुकी है इन श्रमिकों को जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित क्वारेंटाइन सेंटर में ठहराया गया है वर्तमान में दो लाख से अधिक श्रमिक और अन्य व्यक्ति उन्नीस हजार दो सौ सोलह क्वारेंटाइन सेंटर में ठहरे हुए हैं इस दौरान सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है साथ ही इन क्वारेंटाइन सेंटरो ै में मानसिक तनाव वाले लोगों की काउंसिलिंग की व्यवस्था भी की जा रही है इस बीच मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने क्वारेंटाइन अवधि पुरा कर अपने गांव और घर लौटने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार का मेदभाव नहीं करने की अपील की है उन्होंने कहा है कि क्वारेंटाइन अवधि पूरा करने वाले लोग स्वस्थ है और इनसे गांव में संक्रमण का कोई खतरा नहीं है सिंहदेव बैठक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये क्वारेंटाइन सेंटरों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की इस मौके पर उन्होंने समी प्रवासी मजदरों की स्किल मैपिंग करने के निर्देश दिए उन्होंने अधिकारियों को कहा कि क्वारेंटाइन अवधि पूरी करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच करने के बाद ही उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाए उन्होंने कहा कि घर जाने के बाद भी उन्हें अगले दस दिनों तक होम क्वारेंटाइन में रहने और इसके दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाए स्वास्थ्य मंत्री ने क्वारेंटाइन सेंटर में रह रही गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों का प्रोटोकॉल के मुताबिक टीकाकरण कराने के निर्देश भी दिए श्री सिंहदेव ने नवगठित ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण का काम दो अक्ट्बर से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए कोरोना विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रस्तुत किया जाने वाला विशेष कार्यक्रम कोरोना से जंग जनता के संग का प्रसारण कल नहीं किया जाएगा इस कार्यक्रम का प्रसारण अब केवल हर सप्ताह सिर्फ शुक्रवार को ही किया जाएगा इस विशेष कार्यक्रम की अगली कड़ी शुक्रवार पांच जून को सुबह साढ़े दस बजे प्रसारित की जाएगी इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे

इनमें सबसे अधिक दस मरीज बिलासपुर जिले में वहीं नौ मरीज जशपुर जिले में मिले हैं इसके अलावा रायगढ़ में तीन रायपुर और मुंगेली में दें दो तथा जगदलपुर धमतरी और बालोद में एक एक मरीज भिला है इन्हें भिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या चार सौ के आंकडे को पार कर गई है जिन इलाकों से ये मरीज मिले हैं उन क्षेत्रों को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया गया है और वहां आने जाने पर पाबंदी लगाने के साथ ही सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए गए हैं यहां अति आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी प्रशासन के माध्यम से की जाएगी प्रधानमंत्री रजत जयंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत जैसे देश में पर्याप्त मेडिकल ढांचे और मेडिकल शिक्षा की आवश्यकता है बेंगलूरू स्थित राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह का आज वीडियो कान्फ्रें स के जरिये उदघाटन करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बाईस और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना की जा रही है प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेली मेडिसिन मेक इन इंडिया और सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर दिया उन्होंने कहा कि कोरोना का मुकाबला करने में स्वास्थ्यकर्मियों ने कोरोना योद्वा के रूप में कार्य किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर और चिकित्साकर्मी बिना वर्दी वाले सैनिक हैं श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस हमारा अदृश्य शत्र हो सकता है लेकिन वह हमारे स्वास्थ्यकर्भियों को पराजित नहीं कर सकता उन्होंने कहा कि कोरोना के साथ युद्ध में आगे रहने वाले लोगों के साथ हिंसा या दुर्वयवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हादसा प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान हुए अलग अलग हादसों में चार लोगों की मौत हो गई वहीं नौ अन्य लोग घायल हो गए हैं रायगढ़ जिले के चंदाई गांव में रसोई गैस सिलेंडर फटने से एक महिला सहित दो बच्चों की मौत हो गई मिली जानकारी के अनुसार महिला अपने दोनों बच्चों के साथ रसोई में थी इस दौरान अचानक गैस सिलेंडर फट गया घटना में ॅतीनों की मौके पर ही मौत हो गई बताया जाता है कि इस हादसे में घर में रखा अन्य सामान भी जलकर नष्ट हो गया इधर दूर्ग जिले के गनियारी गांव के पास शिवनाथ नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई बताया जाता है कि यह युवक अपने पांच दोस्तों के साथ नहाने के लिए नदी में गया था नहाने के दौरान युवक गहरे पानी में चल गया जहां डूबने से उसकी मौत हो गई उधर जांजगीर चोंपा जिले के सिलादेही गांव के पास एक कार के अनियंत्रित होकर पलटने से तीन लोग घायल हो गए वहीं छब्बीस श्रमिकों को लेकर कोलकाता से मुंबई जा रही बस राजनांदगांव के रेवाडीह के पास पलट गई इस हादसे में छह श्रमिक घायल हो गए हैं गरियाबंद हाथी दल महासमुंद जिले से होते हुए गरियाबंद जिले में पहंचा हाथियों का दल जिला मुख्यालय के करीब पहंच चुका है मिली जानकारी के अनुसार सत्रह हाथियों का यह दल इस समय हरदी और कोचवाय के बीच मौजूद हैं जिसे खदेड़ने के लिए परसुली क्षेत्र के वन विभाग की टीम लगी हुई है

मिली जानकारी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम भैरमगढ़ थाने के अंतर्गत तलाशी अभियान पर निकली थी इस दौरान हिंगुम के जंगल में घेराबंदी कर एक महिला सहित दो माओवादियों को गिरफ्तार किया गया इन दोनों पर हत्या लूटपाट अपहरण सहित अन्य माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है प्रभार फेरबदल राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के तीन अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शेख आरिफ हुसैन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ उप पुलिस महानिरीक्षक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और संचालक लोक अभियोजन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है वहीं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरजिंदर पाल सिंह को पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है इसी तरह नेहा चंपावत को गृह विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है गौरतलब है कि नेहा चंपावत छत्तीसगढ़ की पहली महिला विशेष गृह सचिव होंगी वे दो हजार चार बैच की भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी हैं लॉकडाउन बिहान लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान ने गांवों में रहने वाली महिलाओं के लिए आशा की नयी किरण जगाई है गांव में ऐसे बहत सारे काम हैं जिनके शुरू होने से महिलाओं को राहत मिल रही है इसी कड़ी में कोरिया जिले की महिलाएं मशरूम बेचकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं हमारी संवाददाता से भिली जानकारी के अनुसार जिले की विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में करीब पैंतीस महिला समूह उत्पादन का प्रशिक्षण लेकर छोटे छोटे स्थानो में मशरूम का उत्पादन कर आर्थिक लाभ अर्जित कर रही हैं जिले की चौबीस से अधिक महिला समूह ने लॉकडाउन के दौरान मशरूम का उत्पादन कर एक लाख रूपये से अधिक का व्यवसाय किया इन महिला समूहों के उत्पाद खुले बाजार के अलावा कोरिया मशरूम केन्द्र के माध्यम से बेचे जा रहे हैं साथ ही ताजे मशरूम नहीं बिकने पर कोरिया कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से मशरूम को सूखाकर बाहर भेजकर बेचने की व्यवस्था भी की जा रही है कृषि विवि परीक्षा रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक स्नातकोत्तर और पीएचडी पाद्यक्रमों के लिए चालू शैक्षणिक सत्र के द्वितीय सेमेस्टर की लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी लॉकडाउन के कारण इस बार परीक्षा आयोजन पद्धति में परिवर्तन किया गया है इसके अनुसार वर्तमान सत्र में विद्यार्थियों का मूल्यांकन कक्षा शिक्षकों द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के तहत किया जाएगा इसके साथ ही विद्यार्थियों के पूर्व शैक्षणिक प्रदर्शन को भी मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा

इसके आगामी आठ से दस जून तक छत्तीसगढ़ में पहुंचने की संभावना है रायपुर स्थित मौसम विभाग केन्द्र के मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अनुकूल परिस्थितियां रहने पर मानसून आठ से दस जून तक बस्तर पहुंच जाएगा

अब सात जून तक संपत्ति कर और विवरणी जमा की जा सकती है कांकेर जिले के कोरर में एक दंपत्ति से एक लाख तेईस हजार रूपये की ऑनलाइन ठगी करने का समाचार मिला है पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है महासमुंद जिले के सरायपाली में अधिक दाम पर गुड़ाख़ बेचने और प्रतिबंधित गुटखा मिलने के बाद गुड़ाखू कारखाने को सील कर दिया गया है